मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा राज्य में जघन्य अपराधों पर निगरानी के लिये एक प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन केबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं देने वाला कानून अवैध घोषित किया

कल भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब गलियारे को लेकर हई तीसरे दौर की वार्ता में यह सहमति बनी हालांकि प्रवेश शुल्क को लेकर अभी भी दोनो पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव एस सी एल दास ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक के साथ विस्तृत चर्चा की दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि ओ सी आई कार्ड धारक भारतीय मूल के लोग गलियारे के जरिए करतारपुर साहिब जा सकते हैं अपने बयान में एस सी एल दास ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि श्रद्वालुओं की सुगम यात्रा के लिए प्रतिदिन उनके साथ भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों को भी जाने देने की अनुमति दी जाए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि महान विद्वान प्रखर राजनीतिविद तथा श्रेष्ठतम शिक्षकों में शुमार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हम उनके प्रति अपने श्रद्वा सुमन अर्पित करते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक ट्वीट कर शिक्षक दिवस के अवसर पर हार्दिक श्भकामनाएं प्रकट की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने भी प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है शिक्षक दिवस पर आज भीलवाडा की डॉ कल्पना शर्मा को नई दिल्ली में होने वार्ल समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा इधर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे जबकि समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे

इनमें प्रत्येक जिले से एक एक शिक्षक सहित आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालयों के छह संस्था प्रधान शामिल हैं समारोह में सम्मानित होने वाले शिक्षकों की सम्मान पुस्तिका का भी लोकार्पण अतिथियों द्वारा किया जाएगा

श्री शर्मा कल जयपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे

कल राज्य के पुलिस अधीक्षकों की कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि पहलु खां जैसे मामलों में अब कोई लापरवाही नहीं होने दी जायेगी इसके लिये उच्चअधिकारियों की एक मोनिटरिंग सेल बनाई गई है

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कल जयपुर के वाटिका से इस पायलट प्रोजेक्ट का श्भारंभ किया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

न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने कल यह फैसला सुनाया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

लेकिन विधायकों और सांसदों को वरिष्ठता के आधार पर बंगले आवंटित करना सरकार का अधिकार है

इसके साथ ही इन इकाइयों का संचालन बंद हो जाएगा राज्य सरकार और बाड़मेर जिला कलक्टर को इसके लिए जल्दी ही उचित कदम उठाने को कहा गया है ये निर्देश इस बारे में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिये गये